वाराणसी की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वहीं मतगणना लाल बहादुर शास्त्री कृषि मंडी परिसर में होगी इसके लिये विधानसभा के अनुसार पांच मेजों पर मतगणना होगी वाराणसी में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पांच है इनके नाम है रोहनिया वाराणसी नार्थ वाराणसी दक्षिण वाराणसी कैंट और सेवापुरी वाराणसी क्षेत्र में मतदान सातवें और अंतिम चरण में हुआ था इसी प्रकार लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की मतगणना रमाबाई अम्बेडकर रैली स्थल पर की जायेगी इसके लिये विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नौ मेजे लगाई गई हैं लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में सरोजनी नगर और मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं उधर बरेली में भी जिला पशासन ने मतगणना को लकर सभो तैयारिया पूरी कर ली है

प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपर बाइजर एक सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्बर की तैनाती रहेगी मतगणना के दिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी न हो सके फिलहाल ईवीएम की सुरक्षा चाक चौबंद रखी गयी प्रशासनिक अधिकारी एवम प्रत्यशियों के एजेंडे समय समय पर स्ट्रांग रूम का दौरा भी कर रहे हैं नाजिया अंजुम आकाशवाणी समाचार बरेली हरदोई जिल में हरदोई सुरक्षित और मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा सीट की मतगणना के लिए मंडी स्थल परिसर में विधानसभा वार मतगणना के लिए अलग अलग पंडाल तैयार किए गए हैं

ईवीएम को स्ट्रांग रूम से कड़ी सुरक्षा में इन पंडालों में मतगणना के लिए लाया जाएगा इसी प्रकार मिश्रिख सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के लिए विधानसभा संडीलामल्लावा बिलग्राम और बालामऊ की मतगणना के लिए अलग अलग पंडाल तैयार किए गए हैं सीसीटीवी कैमरों के बीच कड़ी सुरक्षा को लेकर मतगणना स्थल पर मोबाइल पानी की बोतल खाने वाली सामग्री प्रतिबंधित रहेगी सभी की कार पार्किंग के लिए नेहरू डिग्री कॉलेज का मैदान सुरक्षित किया गया है मीडिया सेंटर पर प्रत्येक राउंड की मतगणना पत्रकारों को सूचना विभाग के माध्यम से उपलब्ध रहेगी अभय शंकर गौड़ आकाशवाणी समाचार हरदोई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने कहा कि राज्य में सभी ईवीएम सुरक्षित हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांगरूम में रखी गई हैं उन्होंने विपक्षी दलों के ईवीएम के बदले जाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह मामला गाजीपुर चंदौली झांसी और डूमरियागंज के कुछ नेताओं ने उठाया है एक रिपोर्ट गाजीपुर जिले में बसपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने स्ट्रांग रूम केन्द्र के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है हालांकि प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया और लोकसभा सीट की हर विधानसभा से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौके पर मौजूद रहने देने की प्रत्याशी की मांग को स्वीकार कर लिया जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की गई मशीने थीं जिन्हें मतदान के दिन किन्ही कारणों से वापस नहीं जाया जा सका था मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झांसी और डुमरियागंज के मामले काफी पुराने हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल का पर्व आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों में जयकारों के साथ पवनसूत के दर्शन के लिये हनुमान मंदिरों में भक्तों का ताता लगा हुआ है इस बार ज्येष्ठ माह में चार बडे मंगल पड़े गे कल रात बारह बजे के बाद से लखनऊ के अलीगंज स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी थी मंदिरों में विशेष श्रंगार के साथ साथ सुन्दरकांड का पाठ और भजन संध्या के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बड़े मंगल पर जगह जगह पर भंडारे भी लगाये गये इस बीच बड़े मंगलवार के पर्व को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिये कुछ संस्थाओं द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है इसका शुभारम्भ कल महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया था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

राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी अट्ठाइसवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है

यूपी ए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

गोष्ठी में वक्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला अमरोहा में राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई कुशीनगर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर दश के विकास में उनके योगदान की चर्चा की जौनपुर में इस अवसर पर जिले के समस्त पुलिस कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद व हिंसा का डट कर विरोध करने की शपथ दिलाई गई

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक सड़क हादसे में ग्रेटर नोएडा की शारदा मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा और तीन छात्रों की मौत हो गई यह छात्र छात्राएं एक कार में सवार होकर हिमाचल प्रदेश से छुट्टी मनाकर लौट रहे थे यह दुर्घटना बागपत जिले के शरफाबाद गांव के पास उस समय घटित हुई जब शरफाबाद गांव के पास उनकी कार सड़क के किनारे खड़े टैंकर के नीचे घुस गई इस हादसे में एक छात्रा और तीन छात्रों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर हरदोई लखनऊ मार्ग पर सुन्नी गांव के नजदीक मोटर साइकिल और कार की टक्कर में मोटर साइकिल पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई वहीं कौशाम्बी में सड़क के किनारे खड़ी माँ बेटी और बेटे को तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने कुचल दिया जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता की वजह से पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है रामवीर उपाध्याय को विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से भी हटा दिया गया है बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी रामवीर उपाध्याय पर लोकसभा चुनाव में आगरा फतेहपुर सीकरी अलीगढ़ सहित कई सीटों पर पार्टी द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशियों का खुल कर विरोध करने तथा विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का आरोप है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बाईस विपक्षी दलों के नेताओं ने आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा विपक्षी दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि किसी पोलिंग बूथ पर विसंगति पाये जाने की स्थिति में ईवीएम के आंकड़ों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान कराया जाये विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम में टैंपरिंग की भी आशंका जताई है प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद राजबब्बर अभिषेक मन सिंघवी बसपा के सतीश चन्द्र मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल द्रमुक नेता कनिमोझी भाकपा नेता केडीराजा और तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल थे

बैठक में मतगणना के बाद गैर एनडीए सरकार के गठन को लेकर विपक्षी नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मतदान बाद के सर्वेक्षण पर संदेह करने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि जब अनेक सर्वेक्षण एक ही संदेश देते हैं तो परिणाम की दिशा मोटे तौर पर संदेश के अनुरूप होगी फेसबुक पर अपने ब्लॉग में और जेटली ने कहा कि मतदान बाद सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित हैं और ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है